अन्तर जनपदीय आवागमन बहाल दिल्ली से सटे जिलों की सीमा पर प्रतिबंध रहेंगे जारी

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है देशभर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्व तरीके से फिर शुरू हो रही है केंद्र ने शनिवार को लॉकडाउन में छूट के दिशा निर्देश जारी किए जिसमें लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित किया गया है सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है

आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लापरवाही और ढिलाई कोई विकल्प नहीं है उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण है लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है बेंगलूरू स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है

उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला करने में स्वास्थ्य कर्मिया ने कोरोना योद्वा के रूप में कार्य किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्साकर्मी बिना वर्दी वाले सैनिक हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा अदृश्य शत्रु हो सकता है लेकिन वह हमारे स्वास्थ्यकर्मियों को पराजित नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ युद्ध में आगे रहने वाले लोगों के साथ हिंसा या दुव्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े लोगों का आहवान किया है कि वे निवारक और वहन करने योग्य स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है और इसमें स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योद्धाओं की भूमिका सराहनीय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराते हुए अनलॉक व्यवस्था के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं आज यहां लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पूरो सावधानी और सर्तकता बरतते हुए सभी आर्थिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का संचालन कराया जायेगा

मुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि पर बल देते हुए कहा कि जून माह में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास किये जायें श्री योगी ने क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्यूनिटी किचन व्यवस्था को पूर्व की भांति सुचारु रूप से संचालित किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त अस्पतालों में साफ सफाई सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जायें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आज से रेल सेवा के प्रारम्भ होने के द्रष्टिगत सभी रेलव स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए स्टेशन पर प्रशासन पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनिवार्य रूप से तैनात हों स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर स्रजित करने के उद्देश्य स बीमार औद्योगिक इकाईयों को क्रियाशील करने की कार्य योजना तैयार की जाए उन्होंने आम के निर्यात के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए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

प्रदेश में सुरक्षित दूरी मानक के साथ सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं दिल्ली की सीमा से सटे गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद पर प्रतिबंध जारी रहेगा जबकि अन्तर जनपदीय आवागमन शुरू हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के अन्तर्गत छूट देने के लिए राज्य सरकार ने कल नये दिशा निर्देश जारी किये हैं डिस्पैच सभी दफ्तरों में आज लॉकडाउन की शुरूआत के बाद से कर्मचारियों की सबसे ज्यादा संख्या नजर आई नये नियमों के मुताबिक तीन पारियों में बांटकर सभी कर्मचारियों को कार्यालय में आने की अनुमति दी गई है

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें भी आज विभिन्न बस स्टेशनों से रवाना हुईं जहां यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी दिल्ली से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के मद्देनजर गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर नोएडा में प्रशासन ने दिल्ली सीमा से आगमन के लिए पहले से चली आ रही पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में आज से दो सौ विशेष रेलगाडियां चलाई जा रहो हैं ये विशेष श्रमिक और तीस विशेष वातानुकूलित रेलगाडियों के अलावा हैं

अब तक हैदराबाद नईदिल्ली तेलंगाना एक्सप्रैस अहमदाबाद मुम्बई सेंट्रल कर्नावती एक्सप्रेस कोटा हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रैस बेंगलूरू हुबली जनशताब्दी एक्सप्रेस पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस और लखनऊ दिल्ली गोमती एक्सप्रेस रवाना हुई

रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि ये रेलगाडियां पूरी तरह आरक्षित हैं तथा इसमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होंगी

उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु अलर्ट जनरेट होने पर लोगों को कन्ट्रोल रूम से कॉल किया जा रहा है साथ ही ग्राम और मोहल्ला निगरानी समितियों द्वारा सतर्कता से निगरानी की जा रही है कोविड मरीजों के लिए एक लाख बिस्तर तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि अस्पतालों में इन बिस्तरों की तीन श्रेणियां स्तर एक स्तर दो और स्तर तीन बनाई गयी हैं लेवल वन श्रेणी के अस्पतालों में मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी वहीं लेवल टू के अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ ही कुछ संख्या में वेंटिलेटर भी मौजूद रहेंगे लेवल थ्री के अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ ही आईसीयू और डायलिसिस की सुविधा भी गंभीर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में गंगा नदी में तीन किशोरी तथा मैनपुरी में चार बच्चों की डूबने से हुई मौत पर आज गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल प्रछ सकते हैं

श्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी ताकत से कोरोना वायरस क फैलाव को रोकने का कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि लोग टेली मेडिसन के माध्यम से चिकित्सकों से सलाह भी ले सकते हैं आज विश्व दुग्ध दिवस है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि आज का दिन वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करता है और डेरी क्षेत्र के योगदान को याद करता है